जबकि दो हजार आठ सौ पैंतीस लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं अबतक दो लाख बाइस हजार सात सौ इक्यासी सैंपल की जांच हुई है बढ़ते संक्रमण के कारण रिकवरी रेट घटकर उनचास द ामलव सात प्रति ात हो गई है राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिसिन वार्ड में नया कोविड सेंटर बनाया जाएगा यहां कोरोना से संक्रमित बहत्तर मरीजों का इलाज होगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्प्ता ने यह निर्णय कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन क्लकर्णी के साथ कोविड टास्क फोर्स एवं रिम्स अधिकारियों और सभी विभागाध्यक्षों की बैठक में लिया गया स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ती मरीजों को देखते हुए डेंगू वार्ड और अन्य वार्ड में भी कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर बेड बढ़ाने के विकल्प तलांंीाने का निर्देष दिया है धनबाद जिले में लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर निगम ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया और तेज कर दी है रणघीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है सप्ताह में दो बार समी इलाकों को सेनेटाइज किया जाएगा वैसे क्षेत्र जहाँ कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाएं अधिक है उन स्थानों को प्राथमिकता में लेते हुए सैनेटाइजेशन का कार्य किया जाएगा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

उपायुक्त राहुन कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है

उन्होंने बताया कि इसके लिए राशि हस्तांतरित कर दी गई हैं

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है श्री पोखरियाल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान उनके मंत्रालय ने शैक्षिक गतिविधियां जारी रखने और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता महसूस की है इसलिए मंत्रालय ने मनोदर्पण के रूप में पहल की है जिससे विद्यार्थियों को मानसिक आरोग्य संबंधी मदद दी जाएगी

पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सफलता मिली है

गढ़वा जिले के सरकारी मिडिल स्कूल दौनादाग का छात्र अंशुमान कुमार चौधरी एनएमएमएस परीक्षा का टॉपर बना

आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसान भी आगे आ रहे हैं

इस अमरूद की खासियत यह है कि इसमें बीजा कम होता है और मीठा खूब होता है

श्री महतो को इस वर्श अच्छी आमदनी की उम्मीद है बोकारो जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है

वे पचासी वर्ष के थे उन्हें पिछले महीने की तेरह तारीख को बूखार और यूरीनरी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने कहा श्री टंडन ने कुशल प्रशासक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की थी उनका निधन सभी के लिये अप्रणीय क्षति है मौसम विभाग ने धनबाद द्रमका देवघर समेत कई जिलों में आज से तीन दिनों तक भारी बारि ा का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है इस दौरान लोगों को खास एहतियात रखने की सलाह दी गई है मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है इधर राज्य में वज्रपात से पांच लोगों की मौत हो गई है पलामू में दो लातेहार पाकड़ चतरा और लातेहार में एक एक की मौत वजपात से हो गई है और संक्षिप्त खबरें राज्य सरकार ने केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उन्यासी कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य सजा पुनरीक्षण परिशद की बैठक में इसपर सहमति बनी राज्य में बाल का उठाव सभी प्रकार से वाहनों से करने की अनुमति दे दी गई है खान विभाग के सचिव के श्री निवासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिलने के बाद इससे संबंधित आदे ा जारी कर दिया है

उन्होंने बाहर से आने वाली गाड़ियों और यात्रा करने वालों का पूरा ब्यौरा दर्ज करने का निर्दे ा दिया

पलामू जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र के कंडा के वैराही टोला में आज सुबह एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर दी घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया